इसी कड़ी में आज राज्य स्तरीय समारोह शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर मनाया जाएगा जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे इस दौरान शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज भी मौजूद रहेंगे इस अवसर पर राज्य सरकार द्वारा सैन्य बलों के सहयोग से मल्टी मीडिया प्रदर्शनी लगाई जाएगी और भूतपूर्व सैनिकों की रैली का आयोजन किया जाएगा समारोह में एनसीसी कैडिटों द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक से संबंद्व थीम पर स्किट के अलावा देश भक्ति के गीत भी प्रस्तुत किए जाएंगे समारोह में वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों व भूतपूर्व सैनिकों को सम्मानित भी किया जाएगा राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किसानों से भारतीय नस्ल की गाय पालने का आहवान किया है

राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान समय में बीमारी का प्रमुख कारण उपयोग में लाए जाने वाले खाद्यान्नों में मिलावट का होना है जिसके मद्देनजर प्रदेश में शून्य लागत प्राकृतिक कृषि अभियान शुरू किया गया है जिसका आधार देसी गाय है सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने कहा कि भारतीय नस्ल की गाय जहां दूध भी अधिक देती है वहीं उसका गोबर व अन्य पदार्थ कृषि के लिए उपयोगी है कें द्र केंद्र ने राज्यों को एक परामर्श जारी कर कहा है कि वे आम लोगों को इस बात से अवगत कराएं कि किसी भी तरह की भीड़ की हिंसा के गंभीर कानूनी परिणाम भूगतने पड़ सकते हैं उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का हवाला देते हुए गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए वे कड़े कदम उठायें

आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जायेगा

अमर उजाला की सुर्खी है राहत कार्यों को गए डीसी समेत आठ लोग बर्फबारी में फंसे पंजाब केसरी का शीर्षक है डीसी लाहौल स्पीति रेस्कयू टीम सहित लेह मार्ग पर पटसेऊ में फंसे दैनिक जागरण के शब्द हैं फिर बिगड़ा मौसम अलर्ट कुल्लू व लाहौल स्पीति में भारी बारिश बचाव अभियान रूका

हिमाचल में बंद रही दवाइयों की ज्यादातर निजी दुकानें लोग बेहाल शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है शिमला कुल्लू उना हमीरपुर बिलासपुर व कांगड़ा में हड़ताल का खासा असर दिव्य हिमाचल के शब्द हैं मेडिकल स्टोर बंद दवाई के लिए भटके मरीज पंजाब केसरी की एक खबर है हिमाचल ने जीएसटी में केंद्र से मांगी रियायत

श्री आनंदपुर साहिब नैना देवी रोपवे के लिए पंजाब व हिमाचल में समझौता शीर्षक से अजीत समाचार ने लिखा है दोनों राज्यों के पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर हिमालयी अंचल को भीगने की सजा शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय में लिखा है कि प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ तैयारी की व्यवस्था खोखली है जिसका खामियाजा यहां की मासूम जनता व पर्यटकों को भुगतना पड़ता है दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में लिखा है कि शिक्षण संस्थानों में छात्र संगठनों में हिंसा चिंता बढ़ाने वाली है हैरत है कि छात्र मूलने लगे हैं कि वे किस उददेश्य के लिए यहां आए हैं